मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखे हाथ और मुंह साफ रखें

इस प्रतिमा को पाली में जेतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया जा रहा है

उन्होंने आम लोगों की भलाई के लिए शिक्षा के प्रसार के लिए सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए लगातार काम किया उन्होंने कविताओं निबंधों और मक्ति रचनाओं जैसे प्रेरक साहित्य की भी रचना की उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान किया और स्वदेशी का प्रचार किया

उनके सम्मान में स्थापित की जा रही इस प्रतिमा को शांति प्रतिमा नाम दिया गया है

भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज पर्व आज प्रदेशभर में परम्परागत रूप से मनाया जा रहा है आज के दिन बहने अपने भाई की लम्बी आयु और खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं और बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने भाईदूज को अवसर पर शुभकामनाए देते हुए कहा कि इस पर्व को ध्यान में रखकर हमें महिलाओं और बालिकाओं के हितों की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस अवसर पर लोगों को शुभकानाए दी है भाईदूज के पर्व के साथ ही दीपोत्सव के पर्व का आज समापन हो जाएगा आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि फ्री प्रेस हमारे लोकतंत्र की विशेषता और आधारशिला है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी टवीट कर मीडिया के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी है